कोकराझार जिले के प्लिस अधीक्षक राकेश रौशन ने कहा कि ग्प्त सूचना के आधार पर प्लिस एसएसबी सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने संय्क्त रुप से रिप् रिजर्व जंगल के इलाके में एक अभियान चलाया था राकेश रोशन ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद बरामद हुआ है कोकराझार जिला बोडोलैंड टेरिटोरियल ऐरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत है और बीटीसी च्नाव सात और दस दिसंबर का दो चरणो में होंगे

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात सौ अड़तालीस रह गई है राज्य में अब तक पंद्रह हजार पांच सौ इक्यासी रोगी स्वस्थ हो च्के है कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छह तवांग से तीन अपर सियांग से दो चांगलांग अंजावईस्ट सियांग लोअर स्बनसिरी वेस्ट कामेंग और तिराप जिले से एक एक मामले शामिल है राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर पंचानवे दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है और मृत्य् दर श्र्न्य दशमलव तीन तीन है राज्यभर से कल कोविड जांच के लिए आठ सौ इक्यानवे सैम्पल लिए गए

गौरतलब है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस की श्रुआत सन उन्नीस सौ उनचास में हई थी झंडा दिवस को देश की रक्षा करते हए शहीद और अपाहिज होने वाले व साथ ही पूर्व सैनिको और उनके परिवारों के त्याग को सम्मान देने के लिए और उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने शहीदो उनके विधवाओ बीर महिलाओं और य्द्व में अपाहिज होने वाले भारतीय सैन्य बलों के जवानो को सलामी देते हुए कहा है कि हमारी बीर सैनिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सीमाओ की रक्षा में दटे रहते है राज्यपाल ने कहा कि बीर जवान का सम्मान हमारा कर्तव्य है श्री मिश्रा ने प्रदेश वासियों से उनके प्रति प्रतिवद्वता को प्रा करने के लिए आर्म्ड फोर्सेज वेलफेयर फंड में स्वेच्छा से योगदान देने की अपील की है भारतीय वाय् सेना के सेवा निवृत अधिकारी मोहन्तो पांगेग ने भी झंडा दिवस पर सशस्त्र सेनाओ के परिवार के कल्याण और उनके प्नर्वास के लिए झंडा दिवस कोष में लोगो से योगदान देने की अपील की है उन्होंने कहा कि यह दिन उनके प्रति एकज्टता प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर है

मंत्रालय ने सलाह दी है कि विज्ञापनों को विधान या कानून दवारा निषिद्ध किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देना चाहिए

अब प्रवेश के इच्छ्क उम्मीदवार आगामी अद्वारह दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अखिल भारतीय सैनिक विद्यालयों प्रवेश परीक्षा दो हजार ईक्कीस का आयोजन अगले वर्ष दस जनवरी को किया जाएगा यह परीक्षा तेईस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में तैतीस सैनिक विदयालयों में छठी और नवीं कक्षा में प्रवे के लिए आयोजित होगी ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है

भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर आम्बेडकर एक न्यायविद अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज स्धारक थे जिन्होंने शोषित वर्गों महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के विरुद्व अभियान चलाया